वहीं लॉकडाउन का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के लिए नारायणपुर में पुलिस ने आज फ्लैग मार्च किया इस दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की गई

मुख्यमंत्री ने कल और आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वर्चुअल बैठक कर राज्य के ग्यारह जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति रोकथाम के उपायों और मरीजों के इलाज के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कर उन्हें जरूरत के अनुसार क्वारेंटाइन सेंटर आइसोलेशन या अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जाए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने और अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने इन बैठकों के दौरान विमिन्न जिलों में ऑक्सीजन बेड आईसीयू बेड वेंटिलेटर वाले बेड की उपलब्यता के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति और मेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता की समीक्षा की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मुख्य सचिव अभिताभ जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध है प्रभारी मंत्री ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता जल्द होने की बात कही दसरी ओर राजनांदगांव भाजपा जिला अध्यक्ष मधसदन यादव ने जिले में कोरोना मरीजों की स्थिति पर चिंता जताई है भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है उन्होंने बताया कि जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के साथ ही रिफलिंग की व्यवस्था नहीं होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया गया है वहीं राजनादगांव के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने निजी एम्बलेंस संचालकों की बैठक लेकर मरीजों के लिए किराया निर्घारित किया है एम्ब्लेंस संचालकों द्वारा अधिक किराया वसल किए जाने की शिकायत पर डॉक्टर चौधरी ने यह बैठक ली अब राजनादगांव में एम्बलेंस संचालक सामान्य मरीजों के लिए अट्टठारह रूपए प्रति किलोमीटर और कोरोना मरीजों के लिए पच्चीस रूपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया ले सकेंगे

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्याक्ष और पर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए विधायक निधि से पच्चीस लाख रूपए और पचास ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं जरूरतमंद लोगों को राजनांदगांव के अनुपम नगर रोड स्थित विधायक कार्यालय से यह सिलेंडर निःशल्क दिए जा रहे हैं इसी तरह संसदीय सचिव और विधायक विनोद चंद्राकर ने महासमुंद जिले में दो ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर मशीन दान की वहीं महासमुद जिला प्रशासन को पटवारी संघ सराफा संघ के अलावा अन्य व्यवसायिक संस्थानों ने भी ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर मशीनें दान की हैं उधर कोंडागांव जिले में आइसोलेटेड मरीजों की निगरानी में वन विमाग भी सहयोग कर रहा है वन विभाग के कर्मचारी सभी विकासखंडों में न केवल घर घर जाकर संक्रमित मरीजों की निगरानी कर रहे हैं बल्कि लोगों को संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं बीट गार्ड से लेकर वनमंडल अधिकारी तक टीकाकरण अभियान में भी मदद के लिए आगे आए हैं केन्द्र कोविड गरीब कल्याण केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा पॉलिसी के दावों का निपटारा इस साल चौबीस अप्रैल तक जारी रहेगा इसके बाद कोविड योद्वाओं के लिए एक नई बीमा पॉलिसी प्रभावी होगी इस पॉलिसी के तहत कोविड योद्वाओं को पचास लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है बीमा कंपनी द्वारा अब तक दो सौ सत्यासी दावों का भुगतान किया गया है इस योजना ने कोविड से लडने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान बारह लाख तीस हजार टीके लगाये गये वहीं छत्तीसगढ़ कोरोना टीकाकरण अभियान में पूरे देश में सातवें स्थान पर हैं राज्य की कृल जनसंख्या के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक यानि चवालीस लाख उनचास हजार से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है जो कि राष्ट्रीय औसत का सात दशमलव सात नौ प्रतिशत है कल तक के आंकड़ो के अनुसार राज्य में पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के छियासठ प्रतिशत से अधिक लोगों को कोरोना का पहला टीका लगाया जा चका है इस बीच बिलासपुर आयुर्वेदिक अस्पताल के कोविड टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर विद्याभूषण पांडेय ने लोगों से अपील की है कि कोरोना टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और पात्र लोग टीका जरूर लगवाएं इधर दर्ग जिले में टीकाकरण के कारण बुजुर्गो पर कोरोना संक्रमण का असर कम होने की जानकारी मिली है जिले में साठ वर्ष से अधिक आय् के ब्रज्र्गों के केवल एक सौ बारह मामले सामने आए हैं जो कि यहां कूल मामलों का करीब आठ फीसदी है जिले के अधिकांश बुजुर्गो को टीके की पहली खुराक लग चुकी है वहीं मुंगेली की एसडीएम प्रिया गोपाल ने भी लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और टीकाकरण करा कर इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रहें इसी तरह राजनांदगांव जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने भी नागरिकों से कोविड प्रोटोकाल का पालन करने और मास्क पहनने की अपील की है उन्होंने कहा है कि मास्क जीवन की सुरक्षा के लिए बहृत जरूरी है और इसे आदत में शामिल करना होगा अपना बूथ भाजपा पीसी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश में कोरोना संक्रमण में बढोतरी के बीच पार्टी कार्यकर्ताओ से अपना बृथ कोरोना मक्त अभियान शरू करने को कहा है उन्होंने समी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सैनिटाइजेशन साफ सफाई और लोगों के बीच जागरूकता लाकर संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलाने का आग्रह किया श्री नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश इकाई अध्यक्षों के साथ वर्चअल बैठक में देश में कोविड स्थिति पर विचार विमर्श किया और यह सुनिश्चित करने को कहा कि लोग कड़ाई से एहतियाती उपायों का पालन करें इस बीच भाजपा नेताओं ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रेसवार्ता लेकर राज्य सरकार पर कोरोना संक्रमण से निपटने में असफल रहने का आरोप लगाया रायपुर में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री और विधायक बुजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार की कोरोना संक्रमण से निपटने की रणनीति पर सवाल उठाए उन्होंने कहा कि लोगों को इलाज के लिए सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी से मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं श्री अग्रवाल ने राज्य सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करने और संक्रमण से निपटने के लिए विपक्ष के सुझाव नहीं मानने का अरोप लगाया एम्स कोविड केन्द्र रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की नियमित ओपीडी बंद होने के कारण इमरजेंसी और टामा सेंटर में हर दिन मरीजों की संख्या में बढोतरी हो रही है इसे देखते हए एम्स की सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है यहां ढाई सौ अधिक चिकित्सकों की नियुक्ति की जा रही है जो कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ ही आपातकालीन चिकित्सा में भी सेवाएं प्रदान करेंगे इसके साथ ही पुराने मरीजों के उपचार को जारी रखने के लिए टेली मेडिसीन सेवाओं का विस्तार किया गया है एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि ए और बी ब्लॉक में आईसीय और सामान्य बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है चिकित्सकों की नियुक्ति से एम्स में चौबीसों घंटे आपातकालीन सेवाए प्रदान की जा सकेगी वहीं टेली मेडिसीन ओपीडी में हर दिन करीब सत्तर मरीज फोन कर रहे हैं इधर आरंग में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए केवल चार दिनों के भीतर सर्व सुविधा युक्त कोविड सेंटर की स्थापना की गई है नगर पालिका परिषद के टाउनहॉल में स्थापित इस सेंटर में ऑक्सीजन युक्त पचास बिस्तर और ऑक्सीमीटर के साथ ही अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई है माओवादी समाचार सुकमा जिले में माओवादियों ने दो ग्रामीणों की हत्या कर दी है दोनों युवकों का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है जगरगुंडा एरिया कमेटी ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है वहीं बीजापूर जिले के गंगालूर और जांगला थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने दो माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है इन माओवादियों पर कई हिंसक घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है इधर नारायणपुर जिले के कुकड़ाझोर गांव के पास सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है इस माओवादी पर निर्माण कार्यो को क्षतिग्रस्त करने और मशीनों में आगजनी की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है इसी तरह नारायणपुर ओरछा मुख्य मार्ग पर बीती रात माओवादियों ने दो जगहों पर सड़कों के पेड़ काटकर गिरा दिए और जगह जगह गढढे कर आवागमन को बाधित करने का प्रयास किया मंडी निरीक्षक परीक्षा स्थगित छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक की भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दी है परीक्षा की अगली तिथि की सुचना उम्मीदवारों को दो से तीन सप्ताह पूर्व दी जाएगी गौरतलब है कि इन पदो के लिए इस महीने की उनतींस तारीख को परीक्षा होनी थी मौसम दक्षिण पूर्व मध्यप्रदेश के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा बना हुआ है इसके असर से कल राज्य के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने या छीटे पडने की संभावना है मौसम विभाग ने राज्य में एक दो जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है इस बीच आज बालोद जिले के कृछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने के समाचार मिले हैं इससे तापमान में गिरावट आई है संक्षिप्त समाचार रायपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों से आज से हितग्राहियों को अनाज का वितरण शुरू कर दिया गया है ये दुकाने सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक खोली जा रही है रायपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से छह कोरोना मरीजों की मौत के मामले में पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है रायगढ़ में लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट सट्टा खेलाने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इनके पास से एक करोड़ पैंतीस लाख रूपए की सट्टा पट्टी के साथ ही चार लाख रूपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और पैंतीस हजार रूपए की नगद राशि बरामद की गई है महासमुंद जिले की कोमाखान पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में मध्यप्रदेश के दो युवकों को गिरफ्तार किया है